मज़दूरों और दिहाड़ीदारों को राहत राशि दी जायेगी

उन्होंने महामारी के खतरे को पहले दिन से समझने और जागरूकता फ़्लाने मे निभाई भूमिका के लिए मीडया की प्रंशसा की उन्होंने कहा कि चक्रलों को वक्रानिकों रिपोर्टो के आधार पर और जानकार लोगों को चर्चा में ब्लाकर गलत सूचनाओं से फ़्ली भांतियों को दूर करना चाहिए प्रधानमंत्री ने नागरिकों के लिए अनुशासन और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दुरी बनाने पर भी ज़ोर दिया प्रधानमंत्री ने समाचार कक्षों में और बाहर काम कर रहे रिर्पोटर कमरामव्न और तकनीशनों के काम को राष्ट्र सेवा बताते हये उनके समपर्ण की प्रंशसा की उन्होंने कुछ चक्वलों दवारा घर से ही एकरिंग करने का प्रबध करने की प्रंशसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आगे अभी लंबी लड़ाई ह इसलिए चक्रलो का आसान भाषा में लिये जा रहे मुख्य फ्र्मलों नये कदमों और सामाजिक दूरी बनाये रखने बारे में जानकारी देनी चाहिए

उन्होंने कहा कि जबतक जरूरी होगा तालाबंदी जारी रहेगी

इस फंड में योगदान देने वालों को आयकर राहत का लाभ भी होगा मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य मजदूरों और दिहाड़ीदारों की मुश्किल को देखते हये बीपीएल परिवारों को अगले महीनें का राशन म्फ्त दिया जायेगा स्कूल विद्यार्थियों और आगंनवाड़ी के बच्चों को मिड डे मील और अन्य सामान घरों में पहंचाया जायेगा

उन्होंने बताया कि हरियाणा निर्माण मजदूर बोर्ड से सम्बधित मज़द्रों को महीने का साढ़े चार हजार रूपये दिया जायेगा और अन्य को भी एक हजार रूपये प्रति सप्ताह दिया जायेगा ताकि उन्हें जीवन ग्जर बसर करने मे कोई परेशानी न हो उन्होंने कहा कि जो लोग किसी भी योजना के साथ दर्ज नहीं हथवे जिले के उपाय्क्त की सूचना अनुसार फार्म भरकर नाम दर्ज करवाकर राहत राशि ले सकते हण मुख्यमंत्री ने कोरोना पॉजिटिव आने वालों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की उन्होंने स्वास्थ्य सेवा या अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे कार्यकर्ताओं की वायरस के कारण मृत्यु होने के कारण दस लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की और कहा कि ठेके के आधार पर काम करने वालों को दफ्तर न ब्लाने की स्थिति में भी वेतन मिलता रहेगा उन्होंने औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों को काम बंद करने की स्थिति में कामगारों को न हटाने की अपील भी की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतत्रता सेनानियों भगत सिंह सुखदेव और राजग्रू को आज उनके शहीदी दिवस पर श्रदवांजलि अर्पित की

शहीदी दिवस के अवसर पर आज पलवल में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय ग्र्जर ने अपने कार्यालय पर शहीद भगत सिंह राजग्रू और स्ख्देव के चित्र पर प्ष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कदियों केा प्रधोल के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित करने के निर्देश दिये है